त् भारतीय रेलवे द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों को अठहत्तर दिनों के वेतन के बराबर दिया जायेगा बोनस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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन की शुरूआत में लोगों को बधाई दी और उनसे अपील की कि वे उत्सव मनाने के दौरान सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें और मास्क पहनें प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बंगाल की धरती से मजबूती मिलेगी उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति गौरव और प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हैं श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बंगाल के लोगों का तेजी से विकास सुनिश्चित कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि मां दुर्गा की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में की जाती है उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं का उसी तरह सम्मान किया जाना चाहिए जिस तरह मां दुर्गा का सम्मान किया जाता है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दुर्गोत्सव के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव में आप सभी अपने परिवार के साथ सुख से रहें

श्री सोरेन ने यह भी कहा कि अगर आप आनंद लेने बाहर निकलें तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टन्सिंग का पालन अवश्य करें केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया है प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सितम्बर महीने के दूसरे पखवाड़े से सफल केन्द्रीय भंडार और एनसीसीएफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्व तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे सरकार ने पिछले महीने बाजारों में प्याज आने से पहले उचित दर पर घरेलू उपभोक्ताओं को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एक तरफ जहां कीमतें कुछ सीमा तक कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं वहीं महाराष्ट्र कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे प्याज उत्पादक प्रमुख राज्यों में भारी वर्षा से प्याज की फसलों को काफी नुकसान पहंचने से भी कीमतों पर असर पडा है

चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में संचालित कोल परियोजना के अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर रह रहे दर्जनों लोगों के मकान पर एनटीपीसी ने बुलडोजर चलाने से आक्रोशित रैयतों ने उपायुक्त से एनटीपीसी के खिलाफ उचित करवाई की मांग करते हए उन्हें न्याय दिलाने की मांग की हैं रैयतों का कहना है कि एनटीपीसी ने बिना किसी सूचना के घर तोड़ दिया है एनटीपीसी बाउंड्रीलाइन से सटे राहम मौजा में रैयती जमीन है जिसपर रैयतों के मकान हैं इस भूमि के संबंध में ना ही रैयतों से सहमती ली गई और ना ही उन्हें मुआवजा दिया गया एनटीपीसी की ब्रहंत ताप विध्यत परियोजना से जुड़े जमीन की समस्या का समाधान करने को लेकर चतरा उपायुक्त दिव्यांश् झा ने टंडवा में प्रशासनिक अधिकारियों और एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ बैठक की और परियोजना द्वारा अधियाचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों में पंजी ट्र समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर कई निर्देश दिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अजय साहनी ने सोशल नेटवर्क कम्पनी ट्वीटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोरसे को पत्र लिखकर भारत के मानचित्र को गलत ढंग से दर्शाने पर सरकार की कड़ी आपित्त जताई है श्री साहनी ने कहा कि इस तरह के प्रयास न केवल ट्वीटर के लिए अनुचित हैं बल्कि इससे उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होते हैं

श्री गंगवार ने कहा कि यह सूचकांक प्राथमिक रूप से संगठित क्षेत्र के कामगारों को देय महंगाई भत्ते का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों और बीमा कंपनियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता तय करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है

इससे आदिवासी मुलवासी समाज काफी आहत है उन्होंने मुख्यमंत्री से दान पेटी का ताला खोलने दिउड़ी दिरी का प्रबंधन वापस ग्राम सभा को सौंपने और ग्राम सभा में शांति भंग करने को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने वालों में झारखंड आदिवासी महासभा के संयोजक राधा कृष्ण सिंह मुंडा सहसंयोजक याद्गोपाल सिंह मुंडा दिउड़ी दिरी की ग्राम प्रधान सुमित्रा देवी के अलावा कई सदस्य शामिल थे

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं

मंत्रालय के अनुसार उत्पादकता आधारित बोनस हर वर्ष दशहरे से पहले सभी पात्र रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है राज्य में अब तक उनतीस लाख पचहत्तर हजार से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की गई है

नए मरीजों के मिलने के बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अंठानबे हजार से अधिक हो गई है

इनमें एक रांची और दूसरा जमशेदपुर का है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एम आर ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए कोविरैप की दक्षता को मान्याता दे दी है इस नैदानिक प्रौद्योगिकी को खडगपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाान आई आई टी के शोधार्थियों ने विकसित किया है कोविरैप विधि से कोविड की जांच आसानी से की जा सकती है यह जांच किफायती है और एक घंटे के अंदर परिणाम मिल सकते हैं जांच की यह विधि अत्यधिक विश्वसनीय और सटीक है यह उपकरण सस्ता है और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोविड के मामलों की संख्या प्रति दस लाख आबादी पर काफी कम है मृत्युदर भी लगातार कम हो रही है और इस समय यह एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है

झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में अध्यक्ष के रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ करने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दे दी है आयोग में एक अध्यक्ष समेत सदस्य के चार पद स्वीकृत हैं

इनमें स्कूटी सवार रंगलाल नायक की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिसे बेहतर ईलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के दूरीला गांव में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है

कोडरमा जिले में सदर थाना क्षेत्र के चाराडीह में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार एक महिला की मौत हो गई है